मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए विभिन्न शहरों से अटठाईस ट्रेनों के संचालन का किया अनुरोध

कोरोना लॉकडाउन केन्द्र सरकार ने चार मई से लॉकडाउन की अवधि देशभर में दो सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी है इस दौरान ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी में आने वाले कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त रियायतें दी जाएगी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल नए दिशा निर्देश जारी किये जो रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन में विमाजित जिलों के जोखिम के अनुसार लागू होंगे कल तक जिन जिलों में कोरोना वायरस का कोई मरीज नहीं था अथवा जिन जिलों में संक्रमण के किसी मामले की प्रष्टि नहीं हई थी वे ग्रीन जोन में समझे जाएंगे कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की कुल संख्या संक्रमित व्यक्तियों के दोगुना होने की दर परीक्षण की स्थिति और निगरानी से प्राप्त जानकारी के आधार पर रेड क्षेत्र अथवा हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी ऐसे जिले जो रेड अथवा ग्रीन क्षेत्र में नहीं आयेंगे उन्हें ऑरेंज क्षेत्र समझा जाएगा रेड क्षेत्र ऑरेंज क्षेत्र और ग्रीन क्षेत्र में आने वाले जिलों की सूची केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय साप्ताहिक आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी करेगा राज्यों को इस बात की छूट होगी कि वे कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव के अनुसार अतिरिक्त जिलों को रेड अथवा ऑरेंज क्षेत्र में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं लेकिन वे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रेड और ऑरेंज क्षेत्रों की सूची के वर्गीकरण में स्वयं कोई कमी नहीं कर पाएंगे रेड और ऑरेंज क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन या हॉट स्पॉट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित किये जाएंगे ऐसा करते समय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कंटेनमेंट क्षेत्र में सभी लोग आरोग्य सेत् ऐप डाउनलोड करें

केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हए उड़ानों का परिचालन बंद रहेगा इस फैसले में होने वाले किसी भी परिवर्तन की जानकारी लोगों को समय रहते दी जाएगी ताकि वे सेवाएं बहाल होने पर अपने टिकट ब्रेक करा सकें कोरोना मुख्यमंत्री रेलमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए देश के विभिन्न शहरों से अट्ठाईस ट्रेनों के संचालन का अनुरोध किया है श्री बघेल ने लॉकडाउन के कारण फंसे मजदूरों की घर तक वापसी के लिए ट्रेन चलाने के निर्णय का स्वागत करते हुए मानवीय आधार पर इन ट्रेनों के संचालन की निःशुल्क व्यवस्था करने और जल्द से जल्द तारीख और समय तय करने का भी आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि देशमर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई है छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में काफी हद तक सफलता भी मिली है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग एक लाख सत्रह हजार प्रवासी श्रमिक इक्कीस राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों में फंसे हए हैं ॅपरिवहन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इनकी संख्या बढ सकती है कोरोना मुख्यमंत्री साक्षात्कार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि छत्तीसगढ़ सरकार दूसरे प्रदेशों में फंसे श्रमिकों विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है आकाशवाणी समाचार से एक विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में इन लोगों के प्रदेश वापस आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए भी शासन द्वारा सारे एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आकाशवाणी समाचार को दिए गए इस विशेष साक्षात्कार का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल सुबह साढ़े दस बजे से किया जाएगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे यह कार्यक्रम भीडियम वेव और एफएफ दोनों से एक साथ प्रसारित होगा कोरोना वापसी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के श्रमिकों पर्यटकों तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों की वापसी के लिए केन्द्र और अन्य राज्य सरकारों से समन्वय तथा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सचिव स्तर के छह अधिकारियों की राज्य स्तरीय समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया है प्रकोष्ठ में शामिल अधिकारियों को अलग अलग राज्यों से समन्वय के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है छत्तीसगढ़ लौटने या यहां से अपने गृह राज्य में वापसी के इच्छुक व्यक्ति संबंधित राज्य के लिए नामांकित नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं सरकार ने समी नोडल अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं ये अधिकारी प्रदेश के नागरिकों की वापसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को वापस भेजने तथा यहां से होकर अन्य राज्य जाने वाले नागरिकों के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे प्रकोष्ठ के अधिकारी प्रदेश के संभागीय कमिश्नरों रेंज आईजी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से भी समन्वय बनाएंगे इन अधिकारियों को केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है इस बीच श्रम विभाग ने हेल्पलाइन नंबरों की संख्या तीन से बढ़ाकर सात कर दी है ये हेल्पलाइन नंबर तीस लाइनों के साथ संचालित होंगे इसके अलावा सीमित अवधि के लिए उत्तरप्रदेश दिल्ली हरियाणा बिहार पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भी अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं कोरोना मरीज पृष्टि छत्तीसगढ़ में बीते चौबीस घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित तीन और मरीजों की पुष्टि हुई है ये तीनों मरीज सुरजपुर जिले से हैं इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर तिरालीस हो गई है इनमें से छत्तीस मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छटटी दे दी गई है जबकि कोरोना संक्रमित सात मरीजों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है गौरतलब है कि वर्तमान में सत्रह हजार छह सौ चौंतीस लोग होम क्वारेंटाइन में है जबकि क्वारेंटाइन सेंटर में पांच सौ पहचत्तर लोगों को रखा गया है कोरोना मुख्यमंत्री रेड जोन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से टेलीफोन पर चर्चा कर रायपुर जिले को रेड जोन से हटाने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने केंदीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि रायपुर जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित केवल एक मरीज है जो एम्स का नर्सिंग स्टाफ है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को इस पर जल्द से जल्द विचार करने का आश्वासन देते हुए इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है

बैठक में कृषि बाजार अतिरिक्त उपज का प्रबंधन किसानो तक संस्थागत ऋण और कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त करने पर विचार विमर्श किया गया प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में पूरी मूल्यवर्धन श्रृंखला का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर बल दिया बैठक में कृषि अर्थव्यवस्था कृषि व्यापार में पारदर्शिता और किसानों तक अधिकतम लाम पहचाने के लिए किसान उत्पादक संगठन की भूमिका मजबूत करने का फैसला किया गया इसके अलावा किफायती ब्याज दर पर ऋण प्रवाह किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष अभियान और राज्य के भीतर तथा राज्यों के बीच कृषि उत्पादों के व्यापार पर भी चर्चा की गई बैठक में ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म ई नाम को सशक्त बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया कोरोना कार्यालय सैनिटाईज कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश की राजधानी रायपुर स्थित राज्य स्तरीय कार्यालयों सहित जिला और मैदानी क्षेत्रों के सभी शासकीय कार्यालयों में सेनिटाईजेशन अभियान चलाया जाएगा मुख्य सचिव आरपी मंडल ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों पुलिस अधीक्षकों जिला पंचायत सीईओ तथा वन मंडलाधिकारियों को पत्र लिखकर अपने अधीनस्थ कॉर्यालयों में अभियान चलाकर सेनिटाईजेशन करने कहा है मुख्य सचिव ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के फलस्वरूप सभी शासकीय कार्यालयों में कार्य संपादित नहीं हो रहा है आने वाले दिनों में लॉकडाउन समाप्त होने पर सभी कार्यालयों में कामकाज शुरू हो जाएगा इससे कार्यालयों में आम नागरिकों का आना जाना भी होगा अभी महामारी का प्रकोप कम होने की संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती ऐसी स्थिति में आमजनों और अधिकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हए सभी जिला तहसील पंचायत सहित अन्य भैदानी कार्यालयों में सेनिटाईजेशन के लिए अभियान चलाकर साफ सफाई किए जाने की जरूरत है इसके अलावा सभी कार्यालयों में सेनिटाईजेशन नियमित साफ सफाई रंग रोगन हाथ घोने के लिए हैंडवॉस आदि की व्यवस्था के साथ ही कार्यालयों में रखी अनावश्यक सामग्री और कबाड को हटाने के लिए भी कहा गया है कोरोना वायुसेना प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सशस्त्र सेना कोरोना वायरस से संघर्ष में लगे कोरोना योद्धाओं के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कल कई गतिविधियां संचालित करेगी जनरल रावत ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारतीय वायुसेना कोरोना योद्धाओं का आभार प्रकट करने के लिए श्रीनगर से तिरुअनंतपुरम तक और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक फ्लाई पास्ट जैसे विभिन्न आयोजन करेगी

सूरजपुर जिले में ग्राम पंचायत जजावल पकनी अंजानी और चिकनी को पूर्ण रूप से तथा ग्राम गोरगी को आंशिक रूप से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है यहां के ग्रामीण अपने अपने घरों में ही रहेंगे वहीं बाहर से आने वाले लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है इस बीच सरगुजा जिला प्रशासन द्वारा अंबिकापुर के राहत शिविरों में रह रहे अन्य राज्यों के चौरासी मजदूरों को उनके गृह राज्य के लिए बसों से रवाना किया गया इधर कोंडागांव जिले में लगभग उनसठ मजदूरों को सुकमा से वापस लाया गया है जिले के साढ़े छह हजार से अधिक मजदूर अभी भी अन्य राज्यों और जिलों में फर्से हुए हैं उनकी वापसी के लिए भी प्रयास जारी है उधर जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा क्षेत्र में लोग अंदरूनी मार्गों से आवाजाही कर रहे हैं प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इसकी सूचना पुलिस को दें अन्य राज्यों से लौटे जिले के बारह श्रमिकों को क्वारेंटाइन में रखा गया है जबकि मध्यप्रदेश के सत्ताईस नागरिकों को वापस उनके गृह राज्य भेजा गया है भिलाई नगर निगम क्षेत्र में बाहर से आए लोगों की सूचना देने के लिए जोनवार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वहीं दर्ग निगम क्षेत्र में सेनिटाईजेशन का कार्य फिर से किया जा रहा है दसरी ओर साईंस कॉलेज दूर्ग के एनसीसी कैडेटों ने चार सौ अटहत्तर लोगों के स्मार्ट फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाने में सफलता प्राप्त की है

वहीं जिले में झारखंड का कोई मजदूर फंसा है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम में दी जा सकती है इधर राजनांदगांव जिला कलेक्टर ने कहा है कि अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों और श्रमिकों को उनके प्रवास की जानकारी और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही प्रदेश की सीमा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों को चार मई तक सेनिटाईज करने के भी निर्देश दिए हैं इसी तरह मुंगेली जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन समाप्त होने के बाद शासकीय कार्यालयों में कामकाज शुरू होने से पहले नियमित साफ सफाई और हाथ घोने के लिए हैंडवॉश आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है संक्षिप्त समाचार केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उनचास वन्य उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सोलह से छियासठ प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि इससे कम से कम बीस राज्यों में वन उत्पादों की खरीद बढ़ेगी पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा कल सुबह नौ बजे से राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जाएगा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट में लोगों से भगवान कृष्ण की महिमा की कथा देखने की अपील की है छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन ने पिछले माह की तरह इस माह भी एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का निर्णय लिया है दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है इस पर दो लाख रूपये का इनाम घोषित था बस्तर जिले की दरभा पुलिस ने एक ट्रक से करीब पच्चीस किलोमीटर गांजा बरामद किया है इसकी अनुमानित कीमत लगभग पच्चीस लाख रूपये बताई गई है जांजगीर चांपा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीते खरीफ वर्ष में जिले के साढ़े छह हजार से अधिक किसानों को सवा पांच करोड़ रूपये का दावा भुगतान किया गया है जांजगीर चांपा जिले के सुकली गांव में मालगाड़ी की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया है दुर्ग पुलिस ने राजेन्द्र पार्क चौक के पास एक वाहन से पांच पेटी अंग्रेजी शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है महामसुंद जिले के ग्राम कांपा स्थित मोटल में अब कृषि महाविद्यालय संचालित होगा अभी यह महाविद्यालय डाईट में संचालित हो रहा है धमतरी जिले के ग्राम बगदेही में आग लगने से पैरावट जलकर राख हो गई इसकी कीमत लगभग चालीस हजार रूपये बताई जा रही है गरियाबंद जिले में राजिम क्षेत्र के धमनी कुम्ही गांव के आसपास तेईस हाथियों का दल विचरण कर रहा है